जीएसटी आधार नए व्यापारियों के लिए अगले वर्ष जनवरी से आधार सत्यापन अनिवार्य किया गया है इसका उद्देश्य वस्तु और सेवाकर में गड़बड़ियों को रोकना है जीएसटी नेटवर्क मंत्री समूह के अध्यक्ष और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बंगलुरु में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आधार सत्यापन वैकल्पिक था श्री मोदी ने कहा कि पिछले दो वर्षो के दौरान बड़ी संख्या में फर्जी इनवॉयस दिए जाने को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि जो लोग आधार प्रमाणन नहीं चाहते उन्हें स्वयं जाकर सत्यापन कराना होगा और यह प्रक्रिया तीन दिन में पूरी होगी

मुख्यमंत्री मेट्रो मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कल इंदौर में साढ़े सात हजार करोड़ रूपए की लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी

मेट्रो के रास्ते का अधिकांश हिस्सा जमीन के ऊपर होगा जबकि कुछ हिस्सा भूमिगत होगा

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन सांवेर देवास और पीथमपुर तक लोगों को मेट्रो की सुविधा मिलेगी इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी को संभालने के लिये इंदौर के विस्तार की जरूरत है

इस दौरान उन्होंने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं है उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये अगले माह में मैग्नीफिशेन्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा एमपी आउटलेट प्रदेश सरकार ने राज्य भर में एक ही आउटलेट में चिकन और दूध बेचने की परियोजना शुरू की है इसके लिये भोपाल में एक आउटलेट खोला गया है पशुपालन मंत्री लाखन सिंह ने कहा कि इसके खुल जाने से लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे और दूध मिलेगा

पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गाय के दूध को चिकन और अंडे के साथ बेचा जा रहा है इससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है राज्यपाल राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि हिन्दी विश्वविद्यालय को विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए राज्यपाल ने यह बात हिन्दी दिवस पर कल भोपाल स्थित अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के सत्रारम्भ कार्यक्रम के दौरान कही श्री टंडन कहा कि हिन्दी संस्कृत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति की विरासत लिये हुए है सारी दुनिया उस ज्ञान के लिए हिन्दी की ओर देख रही है जरूरत हिन्दी के प्रति समर्पण और सेवा की है इस अवसर पर उपस्थित उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने मंच पर ही राज्यपाल की बातों का अक्षरशः पालन करने की घोषणा की उपहार नीलामी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को विभिन्न अवसरों पर देश विदेश से मिले उपहारों की प्रदर्शनी लगायी है और करीब दो हजार सात सौ ऐसी वस्तुओं की इंटरनेट के माध्यम से नीलामी की श्रुआत की है जो तीन अक्टूबर तक चलेगी इस प्रदर्शनी का शुभारंभ कल नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने किया

खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में आयोजित लोक अदालत में बिजली विभाग बैंक नगरनिगम आदि के स्टॉल लगाये गये थे

सिवनी भिण्ड मुरैना आगरमालवा शाजापुर रायसेन डिंडोरी छतरपुर नरसिंहपुर सीहोर सहित विभिन्न जिलों से लोक अदालत आयोजित किये जाने के समाचार मिले हैं बारिश प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है

इसके अलावा फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है

श्री राजपूत ने कहा कि जहां अधिक बारिश हो रही है वहां पुलिस और प्रशासन को अलर्ट किया गया है

उन्होंने बताया कि जहां फसलों को नुकसान हुआ है वहां आकलन किया जा रहा है इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले एक दो दिन बाद भारी बारिश से कुछ राहत की उम्मीद जताई है किकेट भारतीय क्रिकेट टीम का घरेलू सीजन आज से शुरू हो रहा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ट्वेंटी ट्वेंटी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का पहला मैच आज धर्मशाला में शाम सात बजे से खेला जाएगा

इसे एफ एम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम साढ़े छह बजे से सुना जा सकता है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

आज के अंक में आप जानेंगें जबलपुर में घर घर से कचरा उठाने और सफाई से जुड़े वाहनों की निगरानी के लिये ली जा रही तकनीकी मदद के बारे में

कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह रावत ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

एनडीआरएफ और सीआरपीएफ की मदद से लोगों को निकाला गया